राज्य सरकार ने अपने अधिकतर मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में किया बदलाव

राज्यभर में आज मनाया जा रहा है हिन्दी दिवस

कोविड संक्रमण को देखते हुए सत्र का आयोजन दो पारियों में सुबह नौ बजे से दिन के एक बजे तक और दिन के तीन बजे से शाम पांच बजे तक होगा केवल आज को छोड़कर राज्यसभा की बैठक सुबह की पारी में और लोकसभा की शाम पारी में होगी एक अक्टूबर तक चलने वाले मानसून सत्र में कोविंड महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किये गये हैं इन उपायों में सभी सांसदों की स्वास्थ्य जांच लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों का अलग अलग समय पर आयोजन और सुरक्षित दूरी के नियम का पालन करने की वजह से सदस्यों के बैठने के लिए दीर्घाओं और कक्षों में बैठाने की व्यवस्था भी शामिल है सत्र के दौरान प्रश्नकाल और गैर सरकारी विधेयकों की व्यवस्था को रद्द कर दिया गया है शुन्यकाल को भी सीमित कर दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों की विज्ञप्तियों में बताया गया है कि सत्र के दौरान कोई अवकाश नहीं होगा दोनों सदन शनिवार और रविवार को भी बैठक करेंगे

सचिन पायलट के प्रभार वाले जिले टोंक में चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा को नया प्रभारी बनाया गया है श्री शर्मा भीलवाड़ा जिले के भी प्रभारी मंत्री रहेंगे बीडी कल्ला को श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ शांति धारीवाल को जयपुर परसादी लाल को बूंदी और सवाईमाधोपुर लाल चंद कटारिया को अजमेर और कोटा प्रताप सिंह खाचरियावास को उदयपुर गोविंद सिंह डोटासरा को बीकानेर ममता भूपेश को अलवर अशोक चांदना को करौली और दौसा का प्रभारी मंत्री बनाया गया है इनके अलावा अन्य मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में बदलाव किया गया है

इस बैठक का उद्देश्य इन राज्यों में सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर तथा राज्य के भीतर और राज्यों के बीच ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना था

राजधानी जयपुर में उपभोक्ता संघ के मेडिकल अनुभाग को तीन दिन के लिये बंद कर दिया गया है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना की शुरू में ही पहचान के लिए जांच की संख्या बढ़ाने संक्रमित लोगों पर नजर रखने और मानक उपचार के कारण स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है

उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन अगले साल की पहली तिमाही में तैयार हो सकती है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर यह जानकारी दी केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि वेक्सीन के मानव परीक्षण प्रक्रिया पर सरकार पूरी सावधानी बरत रही है उन्होंने कहा कि वैक्सीन सुरक्षा लागत वितरण भंडारण और उत्पादन पर गहन विचार विमर्श हो रहा है स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि सर्वाधिक जरूरत मंदों को सबसे पहल वैक्सीन दी जायेगी

कोविड महामारी के कारण इस साल हिन्दी दिवस का समारोह आयोजित नहीं किया जायेगा राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को हिन्दी दिवस की श्रभकामनायें दीं हैं अपने संदेश में उन्होने कहा कि हिन्दी केवल भाषा ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की संवाहिका भी है

मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दस दिनों तक मानसून विदा नहीं होगा वहीं अगले एक सप्ताह के दौरान उदयपुर कोटा अजमेर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है